सरकार की ओर से स्वायत शासन मंत्री शांति धारीवाल ने और कांग्रेस की ओर से प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने रिपोर्ट जारी की इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने बताया कि कांग्रेस की चुनावी घोषणाओं पर आधारित जन घोषणा पत्र की आधी से ज्यादा घोषणाओं को सरकार की ओर से लागू कर दिया गया है और कई योजनाओं पर काम चल रहा है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों महापुरूषों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है गांधी जयंती के अवसर पर आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

राजधानी दिल्ली में राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बापू की समाधि पर प्रष्पांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयप्र में कला और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित शांति सदभाव और अंहिसा पर वैश्विक ई सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे इस कार्यक्रम में विश्व के जाने माने गांधी विचारक हिस्सा लेंगे वहीं क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से भी आज से गांधी जी के जीवन दर्शन पर आधारित एक प्रदर्शनी गांधी एक अंनत विचार आयोजित की जा रही है

जालौर में गांधी जयंती के अवसर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया वहीं ब्रंदी में कलेक्ट्रेट स्थित नॉलेज पार्क में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में गांधीजी और शास्त्री जी को श्रद्वांजलि दी गई प्रतापगढ़ में बच्चों ने साइकिल रैली निकालकर स्वस्थ और सुरक्षित जीवन का संदेश दिया भरतपुर में मल्लखंभ फैडरेशन की ओर से फिट इंडिया दौड़ का आयोजन किया गया करौली और सवाई माधोपुर में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए गांधी जयन्ती के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी की ओर से महात्मा गांधी पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा

कोरोना के खिलाफ प्रदेशव्यापी जन आंदोलन की आज से शुरूआत हो रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम को जयपुर के अल्बर्ट हॉल से इस राज्यव्यापी आंदोलन की शुरूआत करेंगे इसके बाद कल प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए समझाइश करेंगे तथा आमजन को मास्क पहनने उचित दूरी रखने और भीड़ से बचने के नियमों के बारे में जागरूक करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधियों सामाजिक सरोकारों के लिए काम करने वाली संस्थाओं कार्यकर्ताओं तथा आम लोगों से इस अभियान में भागीदारी करने की अपील की है